इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि के कई गुना किये जाने और बैंक खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी करने पर स्रोत पर कर कटौती टीडीएस जैसे कई बदलाव हो जायेंगे सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि में कई गुना की बढ़ोतरी की गई है इस नियम से संबंधित विधेयक संसद के पिछले सत्र में ही पारित हुआ था जुर्माने में बढ़ोतरी कल से प्रभावी हो जायेगी नये नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर चालान की राशि को एक हजार रुपये से बढ़ाकर पाँच हजार रुपये किया गया है

पहले यह राशि दो हजार रुपये थी

वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पाँच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा बिना हेलमेट के दुपहिया चलाने पर अब सौ रूपये की जगह एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा साथ ही तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त किया जा सकता है कल से घर खरीदने पर भी ज्यादा टीडीएस चुकाना पड़ेगा

रेलवे के टिकट बुकिंग पोर्टल से ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर सेवाकर अदा करना होगा

मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल करने वालों को केवाईसी करना होगा जिन लोगों ने अभी तक आधार नंबर को पैन से नहीं जोड़ा है आयकर विभाग उन्हें नया पैन जारी करेगा

कल से इस योजना का नाम आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना होगा इस योजना के तहत भामाशाह बीमा योजना के पात्र परिवारों को पहले की तरह ही लाभ मिलते रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री रघ् शर्मा ने बताया कि नई योजना के लिये स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं

इस अभियान में कई मंत्रालय शामिल हो रहे हैं

आईसीडीएस के अतिरिक्त निदेशक पोषाहार मुकेश मीणा ने बताया कि पूरे एक माह तक प्रदेश में आमजन को पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिये विभिन्न गतिविधियां संचालित की जायेंगी

इन सभी संस्थानों में किए जा रहे कार्यों और तकनीकी सुविधाओं की मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी ली इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि आईटी के क्षेत्र में राजस्थान में अपार संभावनाए हैं उन्होंने कहा कि राज्य में आईटी के क्षेत्र में हुए नवाचारों के संबंध में अन्य राज्य भी रूचि ले रहे हैं उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट देश का सबसे बडा प्रोजेक्ट है

आज जयपूर में आयोजित हुए एक सैन्य समारोह में जनरल मैथसन ने प्रेरणा स्थल पर शहिदों को श्रद्वाजलि अर्पित की

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने आम नागरिकों और मतदाताओं से अपील की है कि वे इस अभियान के दौरान मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टियों का ऑन लाइन सत्यापन करावें ताकि त्रटि रहित मतदाता सूची तैयार की जा सके उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाए जैसे एनवीएसपी पार्टल वोटर हैल्पलाइन मोबाइल एप के जरिये अपनी प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकता है

श्री वर्मा ने आज एक बयान में कहा कि बीसलपुर के भर जाने के बाद अजमेर जिले के लिए पेयजल की सप्लाई जयपुर की तुलना में अधिक बढ़ाई गई है

बस का केवल अगला हिस्सा ही पानी डूबा इस कारण बड़ा हादसा होने से टल गया

इस बीच नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल का महापड़ाव आज तीसरे दिन भी जारी रहा हमारे संवाददाता ने बताया कि राजस्व मंत्री की पहल पर इस बारे में वार्ता शूरू हो गई है